प्रदेश में पर्यटन को मिल रहा बढ़ावाकैलाश मानसरोवर के मुख्य पड़ाव के साथ ही कई ग्लेशियरों में भी यात्रियों की आमद बढ़ी

हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती बागेश्वर जिले के फूड प्वॉयजनिंग से प्रभावित मरीजों को मिली छट्टी एक बच्चे का इलाज जारी

भारतीय उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अन्बु ने परेड की सलामी ली इस मौके पर उन्होंने नव सैन्य अधिकारियों से परम्परागत और गैर परम्परागत चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आहवान किया

युवा सैन्य अधिकारी जब अंतिम पग भर रहे थे तो आसमान से हेलीकॉप्टरों द्वारा उन पर पुष्प वर्षा भी की जा रही थी इस मौके पर उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अन्बू ने कैडेट्स को संबोधित किया

यह आपकी सोच मूल प्रकृति और मूल्यों को प्रभावित करने का प्रयास करेगी उन्होंने कहा इस चुनौती का द्रढता से सामना करें इस दौरान कमाडेंट ले जनरल एसके झा डिप्टी कमान्डेंट मेजर जनरल जेएस नेहरा सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सेवानिवृत्त अधिकारी मौजूद रहे

अर्जुन ठाकुर को स्वार्ड ऑफ ऑनर और स्वर्ण पदक प्रदान किये गए रजत पदक गुरवीर सिंह तलवार को दिया गया जबकि हर्ष बंसीवाल ने सिल्वर मेडल टीजी हासिल किया कांस्य पदक गुरवंश सिंह गोसाल को मिला सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट बिशाल चंद्र वाजी चुने गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर सैंगरो कंपनी को मिला

आईएमए में इस बार नई परंपरा की नींव रखी गई यह पहली बार था जब अकादमी के असिस्टेंट एडजुटेंट मेजर अंगद सिंह और ड्रिल इंस्ट्रक्टर सूबेदार मेजर सुल्तान सिंह शेखावत भी परेड कमांडर के साथ ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे इस मौके पर युवा अफसरों की खुशी और हौसला देखते ही बन रहा था

जिसके तहत केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य ऑल वैदर रोड का निर्माण और कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाना शामिल हैं इसी कड़ी में इस वर्ष विपरीत मौसम होने के बावजूद सेना के हेलीकाप्टर से श्रद्वालुओं को विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानरोवर की यात्रा संपन्न कराई गई इस यात्रा के संपन्न होने के बाद कुमाऊं मंडल के कई पर्यटक स्थलों को लोगों के बीच नई पहचान मिली है कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुख्य पड़ाव के साथ ही अब पिंडारी मिलम नंदादेवी और सुंदरदूंगा ग्लेसियर में यात्रियों की संख्या में खासी बढ़ोत्तरी हई है वहीं नैनीताल भीमताल नौकृचियाताल के पर्यटन कारोबारी खुश नजर आ रहे है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में सुरक्षित यात्रा का जो संदेश दिया है उससे पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हो रही है कारोबारियों का कहना है कि पर्यटकों के आने से कारोबार में बढ़ोत्तरी होती है जो प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में काफी मददगार साबित होगा स्लग सीएम एप डिजीटल इंडिया का असर अब दूरदराज के क्षेत्रों में भी होने लगा है इसी कड़ी में सीएम एप जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर साबित हो रहा है सीमांत जिला पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट तहसील के चौड़ा धुरोली गांव के गरीब परिवारों को सीएम एप के जरिए उज्जवला योजना का लाभ मिला दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय को सीएम एप पर शिकायत मिली थी कि चौड़ा धुरोली गांव के कुछ गरीब परिवार उज्जवला योजना के लाभ से वंचित हैं इन परिवारों को योजना की गलत जानकारी दी गई थी और ये बताया गया कि ये योजना अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए हैं सीएम एप पर मिली इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से कार्रवाई करने के निर्देश दिये इस पर जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति अधिकारी को सभी आवेदनकर्ताओं को प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने के आदेश दिये गौरतलब है कि राज्य उज्जवला योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा दस करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है स्लग फ़्ड प्वॉयजनिंग हल्द्वानी के सुशीला तिवारी चिकित्सालय में भर्ती बागेश्वर जिले के फूड प्वॉयजनिंग से पीड़ित मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है हालांकि पांच वर्षीय बच्चे का उपचार जारी है बागेश्वर जिला प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों को हल्द्वानी से बास्ती गांव छोड़ने के लिए शासकीय वाहनों की व्यवस्था की है जिलाधिकारी रंजना राजगुरू का कहना है कि डिस्चार्ज हो रहे मरीजों को अगर गांव वापस आकर कोई दिक्कत होती है तो उनके इलाज के लिए गांव में डॉक्टरों की टीम तैनात की गयी है उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को ग्रामीणों का परीक्षण कर स्वास्थ्य संबंधी सूचना से अवगत कराने के निर्देश दिये

आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर विधानसभा सत्र के आयोजन को सफल करार दिया इस अवसर पर उन्होंने चार दिन के दौरान व्यवस्थित तरीके से बिना बाधा के विधानसभा का शीतकालीन सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का आभार जताया

स्लग बूंखाल मेला पौड़ी जिले के थलीसैंण विकासखण्ड का प्रसिद्ध बूंखाल मेला आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सम्पन्न हो गया इस दौरान देवध्वजाओं को मंदिर पहुंचाकर प्रजा अर्चना की गई गौरतलब है कि पहले इस मेले में भारी संख्या में नर भैंसों और बकरों की बलि दी जाती थी अब यहां सात्विक पूजा अनुष्ठान किया जाता है यह आयोजन वर्ष में एक बार मंगसीर के महीने में होता है इस मेले में थलीसैंण पाबौ और खिर्सू विकासखंड के ग्रामीणों के साथ ही बड़ी संख्या में प्रवासी लोग भी पहंचते हैं इस मेले में होने वाली पशु बलि को बंद कराने में सामाजिक संगठनों के साथ साथ जिला प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही

इस रैली का स्लोगन था हमारे भूतपूर्व सैनिक हमारी शान रैली में हरिद्वार देहराद्न टिहरी और पौड़ी जिलों के भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया

अपने संबोधन में मेजर जनरल कटियार ने शांति और युद्ध के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी के लिए सेना प्रतिबद्ध है रैली के दौरान पेंशन अदालत बैंक पेंशन आर्मी प्लेसमेन्ट नोड भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना आदि की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए